उन्होंने कहा कि म्स्लिम महिलाओं के बीच जारी भेदभाव को खत्म करने के लिए तीन तलाक की व्यवस्था को समाप्त करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है राज्य सचिवालय के सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हए म्ख्य मंत्री ने कहा कि केंद्र के हर विभाग ने पूर्वोत्तर के लिए दस प्रतिशत अनिवार्य धनराशि निर्धारित किया जाना भी महत्वपूर्ण कदम है राज्य सरकार के द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान राज्य के विकास के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करते हए म्ख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के सर्वागीण विकास के लिए कार्य कर रही है बहप्रतिक्षित होलोंगी एयरपोर्ट परियोजना की चर्चा करते हए श्री खांडू ने कहा कि इस परियोजना का कार्य श्रु हो च्का है और इसे दो हजार बाईस तक पूरा करने का लक्ष्य है म्ख्यमंत्री ने कहा कि सेला टनल के लिए टेंडर जारी किया जा च्का है और राज्य में मेगा फ्रडपाथ का कार्य चल रहा है उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है और राज्य में पांच नए आई टी आई खोलने की मंजूरी मिल च्की है

श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार अन्य राज्यों में फंसे प्रदेश के नागरिकों और छात्रों को वापस लाने को प्राथमिकता दी है और अबतक करीब आठ हजार नागरिक वापस आ चुके है

म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये सभी रोगी क्वारेंटिन स्विधाओं में है और अब इन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जायेगा इसके साथ ही राज्य में कोविड संक्रमण के मामलों की क्ल संख्या बीस हो गई है जिसमें से उन्नीस सक्रिय मामले है और एक व्यक्ति स्वस्थ हो च्का है

एस आई टी की टीम ने इस गैंग के दो म्ख्य सरगना को अद्वाईस मई को ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद हई पूछताछ के आधार पर छापे मारे गए गैंग के लोगों ने अवैध तरीके से मेडिकल पास बना रखा था और गैर कानूनी तरीके से राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों को लाकर बेच रहे थे

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म लघ् और मझौले उद्यमों की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा

ऐसे उद्यमों में निर्यात से कारोबार को सकल कारोबार से छूट दी जाएगी कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए बीस हजार करोड़ रुपये के आपात एमएसएमई कोष को भी स्वीकृति दी

यह राशि शेयर बाजार के जरिये ज्टाई जायेगी

इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल सकेगा